और प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम आज से हुआ शुरू

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद तीन तलाक कानून अस्तित्व में आ गया है इस कानून में मुस्लिम समुदाय में प्रचलित एक बार में तीन तलाक बोलने की प्रक्रिया को अपराध माना गया है इसके लिए पति को तीन साल की कैद का प्रावधान है तीस जुलाई को राज्यसभा में पारित होने के तुरन्त बाद राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा था कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक दो हजार उन्नीस संसद से पारित होने के बाद तीन तलाक की विषमतापूर्ण प्रथा पर प्रतिबंध की प्रक्रिया पूरी हो गई है यह लैंगिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर है और समूचे देश के लिए संतोष का क्षण है

वे पटना हाईस्कूल गर्दनीबाग की स्थापना के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे साथ ही श्री नायडू पटना विश्वविद्यालय के कोन्द्रीय पुस्तकालय के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी भाग लेंगे प्रदेश की प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट आने के साथ ही बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी सिर्फ बूढ़ी गंडक नदी समस्तीपुर और रोसड़ा में बागमती सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर और दरभंगा के हायाघाट में कोसी नदी खगड़िया के बालतारा और अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के एकमी घाट में खतरे के निशान के पास बनी हुई हैं इन जगहों पर भी नदियों का जलस्तर स्थिर बना हुआ है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग अब राहत शिविरों से अपने घरों की ओर वापस लौटने लगे हैं बाढ़ का पानी उतरने के बाद पांच सौ सड़कों पर यातायात व्यवस्था बहाल कर दी गयी है इधर बाढ़ के पानी के दबाव के कारण आज पांचवें दिन भी दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर रेल परिचालन बंद है पच्चीस रेलगाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया गया है जबकि तेरह ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुल संख्या सोलह पर पानी का दबाव धीरे धीरे कम हो रहा है जिसे देखते हुए अगले दो से तीन दिनों के भीतर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की संभावना है इधर क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मत का काम भी शुरू हो गया है जल संसाधन विभाग के अनुसार कोसी कमला गंडक बागमती और लालबकेया नदी के क्षतिग्रस्त तटबंधों का काम युद्धस्तर पर जारी है नेशनल मेडिकल कमीशन विधेयक दो हजार उन्नीस आज राज्यसभा से पारित हो गया यह विधेयक भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम उन्नीस सौ छप्पन का स्थान लेगा इसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और इसे किफायती बनाना है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में महान सुधार बताया उन्होंने राज्यसभा में कहा कि इस विधेयक के लागू हो जाने से चिकित्सा क्षेत्र में तीव्र विस्तार होगा और देश में गुणात्मक चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित होगी इस विधेयक से देश के सभी भागों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता के चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित होगी

देश का प्रत्येक छात्र इस परीक्षा के माध्यम से एम्स और किसी भी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय में जा सकता है

पहला वो वह अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा दूसरा वो डॉक्टर बन जाएगा और प्रेक्टिस करने के लिए वह लाइसेंस के लिए भी पात्र हो जाएगा तीसरा छात्र को उसकी मैरिट के अनुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश भी मिल सकेगा इधर इस विधेयक के विरोध में पटना एम्स के डॉक्टर आज शाम से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं प्रदेश में मतदाता सूची के प्रनरीक्षण का काम आज से शुरू हो गया है एक महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अठारह वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकेंगे अठारह वर्ष की आयु की गणना पहली जनवरी दो हजार बीस के आधार पर की जायेगी लोग अपने नाम और पते में भी परिवर्तन करवा सकते हैं इसके अलावा पूर्व में जिन लोगों का नाम सूची में शामिल नहीं किया गया वे भी बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन आवेदन देकर अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं प्रनरीक्षित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पहली जनवरी दो हजार बीस को होगा इसी मतदाता सूची के आधार पर अगले वर्ष होने वाला विधानसभा चुनाव होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदरिया गांव में पिछले दिनों अनुसूचित जाति की एक महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का संज्ञान लिया है आयोग के सदस्य योगेन्द्र पासवान ने कहा कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक को आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान के सफलतापूर्वक लागू होने के बाद इस वर्ष दो अक्टूबर को ग्रामीण भारत खुले में शौच की प्रवृत्ति से मुक्त बनने जा रहा है इस अभियान की अपार सफलता विश्व की सरकारों के लिए प्रेरणा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई अवसरों पर आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में स्वच्छता की महत्ता को बताया है इस कार्यक्रम के उनतालीसवें संस्करण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए इस अभियान में सहयोग देना चाहिए उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम के शुरू होने के बाद शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों की भागीदारी बढ़ी है

स्वच्छता की दिशा में देशभर में व्यापक स्तर पर प्रयास हो रहा है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक जनभागीदारी से भो परिवर्तेन नजर आने लगा है स्वच्छता सिर्फ सरकार करे ऐसा नहीं है हर नागरिक एवं नागरिक संगठनों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है

आकाशवाणी समाचार के लिए नई दिल्ली से स्वाति रकेजा के साथ मै सुनील डब्बीर मुख्मयंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले दो वर्षों के भीतर प्रदेश के सत्रह प्रतिशत भूभाग को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जायेगा श्री कुमार आज पटना में पंद्रह दिवसीय वन महोत्सव के अवसर पर जल जीवन हरियाली अभियान के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने आम लोगों से वन महोत्सव के दौरान पौधारोपण में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अभियान के दौरान हरेक परिवार को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए उन्होंने कहा कि इसके लिये वन विभाग लोगों को दस रूपये की दर से पौधे उपलब्ध करायेगा समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि कृषि विभाग के मुख्यालय से लेकर पंचायत के कृषि कार्यालय परिसर में पेड़ लगाये जायेंगे इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि विभिन्न जगहों पर पौधारोपण कर वन महोत्सव की शुरूआत की गयी मुजफ्फरपुर में उद्योग मंत्री श्याम रजक ने पौधारोपण किया अररिया में वन प्रमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम की शुरूआत हुई अरवल में इस अवसर पर जल जीवन और हरियाली दौड़ का आयोजन किया गया पश्चिम चंपारण में जिले के नौतन प्रखंड में स्थानीय विधायक नारायण साह ने पौधारोपण किया कई जगहों पर प्रभात फेरी का भी आयोजन हुआ छत्तीसगढ़ के मारडूम थाना क्षेत्र अंतर्गत बोदली गांव में गश्ती के दौरान सीआरपीएफ के शहीद जवान रौशन कुमार का पार्थिव शरीर आज पटना लाया गया पटना हवाई अड्डे पर मंत्री मोहम्मद ख़्र्शीद जिलाधिकारी कुमार रवि और वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास नालंदा जिले के फतेहपुर गांव भेज दिया गया है जहां उनका अंतिम संस्कार होगा बेगूसराय जिले के भगवानपूर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपूर ताजपूर रोड पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने तीन अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है

और प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम आज से हुआ शुरू